अयोध्या रामजन्म भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय से फैसला आने के पहले केन्द्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किये हैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने रेलवे आरपीएफ और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को चौकसी बढ़ाने को कहा है वहीं सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा गया है इसके लिए राज्यों को पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिये गये हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ जो भी निर्णय करे उसे सबको धैर्य और शांति के साथ स्वीकार करना चाहिए उन्होंने कहा कि फैसला सत्रह नवंबर से पहले जब भी सुनाया जाए किसी भी पक्ष को इसे अपनी हार जीत के रूप में नहीं लेना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि एनडीए अयोध्या मुद्दे पर अदालत के फैसले को सिर्फ न्याय की जीत मानेगा उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि वर्षों से लंबित इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला आने के बाद देश में सद्भाव और परस्पर विश्वास का नया यूग शुरू होगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने चंपारण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कराई गई ग्रामीण सड़कों में अनियमितता का आरोप लगाया है इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच कराने की मांग की है श्री जायसवाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में चंपारण में चौदह हजार ग्रामीण सड़कों के निर्माण में धांधली का आरोप लगाया है गुरुनानक देव जी महाराज के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व पर पंजाब के डेरा बाबा नानक साहिब और पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोडने वाले करतारपुर गलियारे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उदघाटन करेंगे इस गलियारे के खुल जाने से सिख श्रद्धालुओं को दोनों ही सिख तार्थस्थलों के दर्शन में काफी सुविधा होगी तख्तश्री हरिमंदिर साहिब पटना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों ने इसे खुलवाने के लिए सरकार की पहल की सराहना की है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गुरूनानक देव जी महाराज का पांच सौ पचासवां प्रकाश उत्सव पटना में मनाया जायेगा उन्होंने कल अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और वहां कुछ देर बैठकर पवित्र गुरबानी सुनी इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व के मौके पर पटना में दिसम्बर और जनवरी में सात से आठ दिनों के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूनानक देव जी का पटना और राजगीर से भी गहरा जुड़ाव रहा था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा है कि छठें चरण के बाद हाई स्कूलों में शिक्षक नियोजन में दो हजार बारह में एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी उन्होंने कहा कि इस छूट का लाभ अभ्यर्थी दो हजार इक्कीस तक ले सकते हैं यह छूट नृत्य शारीरिक शिक्षा ललित कला और कंप्यूटर शिक्षकों को ही मिलेगी पटना उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ग्यारह नवम्बर को शपथ ग्रहण करेंगे उसी दिन पटना उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हर पंचायत में निजी भूमि पर औसतन आठ सौ पौधे लगाये जायेंगे यह लक्ष्य दो हजार बीस इक्कीस में हासिल किया जायेगा निजी जमीन पर पौधा लगाने के इच्छुक ग्रामीणों को पंचायत में आवेदन देना होगा मनरेगा आयुक्त सी पी खंड्रजा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है सीबीएसई ने तय समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सिटीजन चार्टर जारी किया है सिटीजन चार्टर के अनुसार दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट परीक्षा खत्म होने के साठ दिनों के अंदर जारी कर दिया जायेगा जबकि परीक्षा का सार्टिफिकेट रिजल्ट जारी होने के तीस दिन के अंदर परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा चार्टर के अनुसार ड्रप्लीकेट सार्टिफिकेट दो सप्ताह के अंदर जारी होगा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पांच जिलों में सड़कों के निर्माण के लिए लगभग सत्तर करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे इन जिलों में बांका सीतामढ़ी दरभंगा किशनगंज और बेगूसराय शामिल हैं उन्होंने कहा कि इस राशि से नयी सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण किया जायेगा राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज से पटना पुस्तक मेला की शुरूआत हो रही है पुस्तक मेले के संयोजक अमित झा और सीआरडी के अध्यक्ष रत्नेश्वर ने बताया कि इस पुस्तक मेले में देश भर के करीब एक सौ दस प्रकाशक पहुंच रहे हैं उन्होंने कहा कि अठारह नवम्बर तक चलने वाले पुस्तक मेले का थीम पेड़ पानी और जिंदगी पर आधारित है मेले में हर दिन साहित्यक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जायेगा देवोत्थान एकादशी पर आज प्रदेश में गंगा समेत विभिन्न नदियों में लाखों श्रद्वालु पवित्र स्नान कर रहे हैं यह दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर तुलसी की पौध तथा गन्ने और शक्करकंद जैसे कृषि उत्पादों के प्रजन की भी परंपरा है आज से ही शादी विवाह जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जायेंगे बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात बुलबुल का आंशिक असर पूर्वी बिहार पर पड़ेगा हालांकि बारिश की उम्मीद नहीं है मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया कि पूर्वी बिहार के आसमान में अगले पांच दिनों तक बादल छाये रहेंगे इससे न्यूनतम तापमान में आंशिक तौर पर वृद्धि होगी पटना जिले के फुलवारीशरीफ में खानकाह मुजीबिया परिसर में आज से वार्षिक उर्स मेला का आयोजन होगा यह मेला बारह नवम्बर तक चलेगा भागलपुर जिले के पॉक्सो के विशेष कोर्ट सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नवगछिया में हुए तिहरे हत्याकांड और एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है जिलास्तरीय रोजगार सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन कल से लखीसराय बेगूसराय और पूर्णिया में किया जायेगा चौबीस नवम्बर तक चलने वाले इस मेले में युवक अपनी पसंद के रोजगार तलाश सकते हैं आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने अयोध्या से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है अयोध्या में फैसले से पहले देश भर में जारी हुआ अलर्ट इसी प्रकरण से जुड़े एक अन्य खबर का प्रभात खबर ने शीर्षक लगाया है अयोध्या पर फैसले की बारी सीजेआई गोगोई तुरंत सुनवाई वाले मामलों से हटे

दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाया है पटना के नौ बड़े नालों से हटेगा अतिक्रमण तेरह से विशेष अभियान टूटेंगे पक्के मकान